पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुए अन्य व्यक्तियों के परिजनों के प्रति संवदेना व्यक्त की गई

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज पिछले से लेकर इस सत्र के बीच की अवधि में दिवंगत हई आत्माओं के परिजनों के प्रति संवदेना व्यक्त करने के लिए शोक प्रस्ताव के साथ श्रू हआ

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजयेपी जी को श्रदवाजंलि अर्पित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जय जवान जय किसान नारे के साथ जय विज्ञान जोड़कर पूरी द्वनिया को भारत की बढ़ती शक्ति का संदेश दिया वाजपेयी जी के किसानों के लिए किसान बीमा व किसान क्रेडिट कार्ड योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजनायें श्रू करने के लिए आज श्री वाजपयी के साथ छत्तीस गढ़ के राज्यपाल बलराम जी दास टंडन लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोम नाथ चटर्जी तमिनलाडू के पूर्व म्ख्यमंत्री डा एम करूणानिधि भूतपूर्व ंसांसद श्री राम चंद्र बैदा राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य व वरिष्ठ पत्रकारा कुलदीप नैयर भूतपूर्व मंत्री शाम चन्द विधानसभा के सदस्य डा हरिचंद चंद मिड्डा विधानसभा के पूर्व सदस्य गौरी शंकर जैन म्नि श्री तरूण सागर जी प्रख्यात हिन्दी कवि गोपाल दास नीरज हरियाणा के शहीदों व अन्य को श्रद्वाजंलि दी गई केरल में आई बाढ़ से मरने वाले लोगों के द्खद व असामयिक निधन पर भी शोक प्रकट किया गया विपक्ष के नेता अजय चौटाला ने अपनी पार्टी की ओर से म्ख्यमंत्री दवारा प्रस्त्त शोक प्रस्ताव का अन्मोदन करते हुए शोक संत्पत् परिवारों के प्रति संवदेना व्यक्त की कांग्रेज की नेता किरण चौधरी ने भी ख्द इस प्रस्ताव में शामिल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अपने निजी अन्भव सांझा किये और उन्हें एक महान विभुति बताया पूर्व मुख्य मंत्री भुपेन्द्र सिंह हडडा ने भी कहा कि जवाहर लाल नेहरू व अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान मिला वो किसी को नहीं मिला और वाजपेयी जी के लिए पक्ष और विपक्ष सबके दिलों में सम्मान था संसदीय मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि वाजपेयी जी के राजनीति में मर्यादाओं केा सम्मानित किया दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन भी रखा गया विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की ओर से संवदेना व्यक्त करते हए शोक संदेश दिवंगत आत्माओं के परिजनों तक पहंचा दिये जायेंगे वाजपेयी जी के सम्मान में आज विधानसभा सोमवार दोपहर तक स्थगित कर दी गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित स्वच्छ मोबालिटी जलवाय् परिवर्तन की च्नौतियों से निपटने का सशक्त साधन है और अर्थव्यवसथा का अहम घटक भी है नई दिल्ली के देश में पहले विश्व मोबालिटी शिखर सम्मेलन मूव का उदधाटन् करते हए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ मोबालिटी का अर्थ वातावरण को प्रद्रषण रहित बनाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना श्री मोदी ने कहा कि मोबालिटी शहरीकरण का म्ख्य केन्द्र है और इससे आर्थिक विकास की गति भी तेज़ होती है श्री मोदी ने कहा कि स्व्च्छ किलोमीटरर्स के विचार को भी आगे बढ़ाने का जरूरत है उन्होंने कहा कि यह स्निश्चित करना होगा कि सार्वजनिक पविहन सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाले माध्यम हो सरकार वाहनों के लिए स्वच्द और कम ऊर्जा की खपत वाले वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है नीति आयोग द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का म्ख्य उद्देश्य देश के शहरों को प्रद्षण मुक्त बनाने पर चर्चा करना है सम्मेलन में पांच विषयों विद्युतीकरण और वैकल्पिक ईधन सार्वजनिक परिवहन के नये साधन माल परिवहन और डेटा विश्लेषण पर प्रम्खता के चर्चा होगी पूरे विश्व से सात हजार दो सौ से अधिक प्रतिभागी आयोजन में शामिल हो रहे है ग़हमंत्री श्रीराजनाथ सिहं ने कहा है कि सरकार किफायती स्वास्थ्य चिकित्सा स्विधा और सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना उपलल्बध करा रही है आज नई दिल्ली के एम्स मे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सम्बोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ब्ज्र्गो की स्वास्थ्य देखभाल के लिए कई कदम उठाये है उन्होंने आय्ष्मान भारत योजना के तहत इस दिशा के किये जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी

उन्होंने बताया कि हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा का उल्लघन करने व सरकार विरोधी प्रदर्शन का आरोप है उनके हड़ताल पर जाने में न केवल आम जनता को परेशानी हई बल्कि सरकार को करोड़ो रूपये का न्कसान भी हआ

ग्रूग्राम के एक स्कूल में छात्र हत्याकांड मामले की याचिका पर स्नवाई करते हए उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को स्कुल की मान्यता रद्द करने को लेकर नोटिस जारी किया है इसके अलावा अदालत ने सीबीएससी को नोटिस भेज कर जवाब मांगाहै

बोर्ड के अधयक्ष श्री जवाहर यादव ने चंडीगढ़ में बताया कि ये तीन मंजिला फलैटस ग्रूग्राम में लाइसेसधारी कालोनियों में बनेंगे तथा पात्र लाभर्थियों को पांच लाख पचासी हजार रूपये के किफायती अन्मानित मूल्य पर आंवटित किये जायेंगे

योजना की समाप्ति तिथि के छ माह के भीतर ड्रा निकाले जायेंगे और फलैटस का निर्माण दो सालों में स्व वित योजना के तहत किया जायेगा

इस एसएपपी में योगेश त्यागी ने अंशुल बलेया को रसपोडेंट बनाया गया है इनकी ही अपील पर उच्च न्यायालय के रेग्लरलाईजेंशन पोलिसी के तहत पक्के ज्ए कर्मचारियों के खिलाफ स्नाया था